इस दौरान इंदौर भोपाल एवं जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन के दौरान सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी

फिर से गंभीर स्थिति न हो इससे बचने के लिए मेरा जनता से अनुरोध है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएँ सोशल डिस्टेंसिंग रखें कहीं भीड़ न करें तथा कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें उधर मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि आयोग की रविवार को होने वाली परीक्षा यथावत रहेगी परीक्षा के लिए नियुक्त शासकीय कर्मी अपना परिचय पत्र और परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँच सकेंगे

केमिस्ट राशन एवं खान पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा

वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर माढ़ोताल स्थित एक ज्वेलर्स शाप को सील कर दिया है

गुना में कलेक्टर ने पार्षदों पूर्व अध्यक्ष एवं शहर की समाजसेवी संस्थाओं से शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए सहयोग की अपील की है

पन्ना में मास्क को लेकर चेकिंग की गई

अठावले दौरा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज इंदौर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे वे यहां एग्रीकल्वर महाविद्यालय के आर्गेनिक एक्सपो में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे श्री अठावले विभागीय अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे

इन गाँवो में तरबूज अरबी सहित रबी की फसल बर्बाद हो गई है

मुरैना में सरसों व गेहू की फसलें प्रभावित हुई हैं क्रिकेट भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां और अंतिम ट्वेन्टी ट्वेन्टी मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच शाम सात बजे से शुरू होगा पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें दो दो की बराबरी पर हैं बैडमिंटन पीवी सिंध् ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन ट्र्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमी फाइनल में पहंच गई हैं

सेमी फाइनल में आज पी वीसिंधु का मुकाबला थाइलैंड की पी चोचुवांग से होगा

पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कल राज्यसभा में कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य साहसिक यात्रा और योग सहित सभी पहलुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है

श्री पटेल ने कहा कि देखो अपना देश पहल के बाद से घरेलू पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है

इस दिन दिन एवं रात बराबर होंगे

नमस्कार